प्रधानमंत्री श्री मोदी वर्च्अल कार्यक्रम में किसानों से चर्चा कर उन्हें संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री श्री मोदी का संबोधन पूरे प्रदेश में प्रसारित होगा

मंत्रिमंडल बैठक राज्य मंत्रिमंडल ने इंदौर जबलप्र और दमोह में प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई राज्य मंत्रिमंडल की आज म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हई बैठक में मध्यप्रदेश निजी य्निवर्सिटी स्थापना और संचालन विधेयक के संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए इन शहरों में यूनिवर्सिटी खोलने की अन्मति प्रदान की गई है

उन्होंने कहा कि इस विधेयक को शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में पेश किया जाएगा

पहले दो चरणों में लगभग एक हजार लोगों पर वैकप्रीन का परीक्षण किया गया है भारत बायोटेक ने पहले कहा था कि प्रथम चरण के नैदानिक परीक्षणों से पता चला है कि इस वैक्सीन का मानव पर कोई गंभीर प्रतिक्ल प्रभाव नहीं पड़ता है और यह कोरोना वायरस के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरक्षा पैदा करने में सक्षम पाया गया है

पीएम एएमय् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश उस रास्ते पर आगे ब रहा है जहां प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के विकास के सभी लाभ मिल सकेंगे वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविदयालय के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हए उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से नया भारत बनाने के लिए एकज्ट होकर आगे आयें प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास मंत्र के साथ काम कर रही है

उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा संस्थानों में सीटों की संख्या में वृदधि की है

प्रधानमंत्री ने विश्वविदयालय के विदयार्थियों से अपील की कि वे देश के स्वतंत्रता सेनानियों पर अन्संधान करें

उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान श्रू किया और गांवों तथा बालिका विद्यालयों में शौचालय बनवाये

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि यह प्रस्कार प्रधानमंत्री के दृढ़ नेतृत्व और भारत के वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने और भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और वैश्विक समृद्धि और शांति को बढ़ावा देने के लिए उनके द्वारा दिए गए अन्करणीय योगदान के लिए है सर्वोच्च चीफ कमांडर के रूप में लीज ऑफ मेरिट पुरस्कार अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किये जाने वाला एक प्रतिष्ठित प्रस्कार है जिससे आमतौर पर अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों या शासनाध्यक्षों को सम्मानित किया जाता है

जानकारी के मुताबिक शहर के खजरी खिरिया बायपास के पास एक खंडहर हो च्के गोदाम में नकली खाद फैक्टरी में पिछले छह महीने से चूना डस्ट नमक डोलोमाइट को पीस कर अलग अलग ब्रांड का खाद तैयार किया जा रहा था

कार्रवाई के दौरान मौके पर पांच मजदूर काम करते हए मिले कलेक्टर ने इस मामले में पूरे नेटवर्क को सामने लाने का निर्देश जांच टीम को दिया है असेस्मेंट फ्री जोन मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्य्त वितरण कंपनी ने इंदौर में आंकलित खपत की बजाए वास्तविक खपत के ही बिल जारी करने के लिए असेस्मेंट फ्री जोन की व्यापक तैयारी की है

कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि असेस्मेंट फ्री जोन के लिए अक्टूबर में तैयारी की गई थी अब इससे आशातीत परिणाम मिलना प्रारंभ हो गए है

सभी जगह एप से मीटर रीडिंग हो रही है

कार्यशाला में कोविड वैक्सीन के आ जाने पर हितग्राहियों तक पह्चाने हेतु तैयारियों एवं सावधानियों पर चर्चा की गई